राजधानी भोपाल में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मिसरोद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से प्रदेश व्यापी दस्तक अभियान का शुभारंभ किया प्रदेश के अन्य जिलों में भी दस्तक अभियान की शुरूआत हुई

इससे बाल मृत्यु दर में प्रभावी कमी हो सकेगी इस बार दस्तक अभियान में पुरूषों की सकिय भागीदारी के लिए ग्राम स्तर पर स्वस्थ ग्रामसभा का आयोजन किया जायेगा सभा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास महिला बाल विकास लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अमले द्वारा आहार एवं स्वच्छता संबंधी आदतों के बारे में विस्तार से समझाया जायेगा इसके साथ संचारी तथा असंचारी रोगों पर भी चर्चा की जायेगी अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले ग्राम पंचायत तथा विकासखंड को पुरस्कृत किया जायेगा कटनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में दस्तक दल गाँव गाँव जाकर स्वास्थ्य संबधी जागरूकता सदेंश देगा इसके साथ ही रायसेन खंडवा सहित अन्य जिलों से भी दस्तक अभियान चलाये जाने के समाचार मिले हैं कमलनाथ शपथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज राज्य विधानसभा में विधायक के तौर पर शपथ ग्रहण की विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने श्री कमलनाथ को विधानसभा परिसर में शपथ ग्रहण कराई श्री कमलनाथ हाल ही में छिंदवाडा विधानसभा उप चुनाव में जीत हासिल कर विधानसभा सदस्य बने हैं

मनरेगा प्रदेश में महिला स्व सहायता समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी यह बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने महिला आजीविका स्व सहायता समृह को मनरेगा की कियान्वयन एजेंसी बनाया है उन्होंने कहा कि मनरेगा की कार्ययोजना बनाने मजदूरो को लामबंद करने सोशल आडिट और मॉनिटरिंग के कार्य महिला स्व सहायता समूहों से कराये जाएंगे समिति स्थगित राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय अधिमान्यता पत्रकार संचार कल्याण और पत्रकारों की कठिनाईयों का अध्ययन और निराकरण के लिये सुझाव देने संबंधी समितियों के गठन के आदेश को स्थगित कर दिया है आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शासन द्वारा संभाग स्तरीय अधिमान्यता समितियों के आदेश को भी स्थगित किया है कर्नाड निधन जानेमाने फिल्म अभिनेता और लेखक गिरीश कर्नाड का आज सुबह बेंगलूरू में निधन हो गया

उन्हें साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पदमश्री और पदम भूषण जैसे सम्मानों से नवाजा गया आरोपी गिरफ़तार राजधानी भोपाल में एक मासूम बच्ची के साथ दृष्कर्म और उसके बाद हत्या के आरोपी को पुलिस ने खंडवा जिले से गिरफ्तार कर लिया है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल ने बताया कि आरोपी को खंडवा के मोरटक्का से पुलिस गिरफ्त में लिया गया है उसके पहचान पत्रों से उसकी पहचान करने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया आरोपी को भोपाल लाया जा रहा है

पुलिस की कोशिश रहेगी कि एक महीने के अंदर आरोपी को सजा दिला सकें बच्ची के परिजन द्वारा आज भी थाने का घेराव करने से जुड़े मामले पर उन्होंने कहा कि उनके साथ न्याय होगा बताया जा रहा है कि आरोपी खंडवा का रहने वाला है और वहीं भागकर जा रहा था राजधानी भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को नौ वर्षीय एक बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गयी थी इस मामले में सहायक उप निरीक्षक एएसआई सहित सात पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है